साठ नए मामलों में से चौदह ईटानगर राजधानी क्षेत्र से ग्यारह चांगलांग दस वेस्ट कामेंग जिले ईस्ट सियांग से पांच ईस्ट कामेंग और नामसाई से चार चार मामले वेस्ट सियांग और तवांग से तीन तीन दो दो मामले पाप्मपारे लोअर सियांग और पाक्के केसांग से दर्ज किया गया है इनमें से तीन मामले सिम्टमेटिक और बाकी सभी मामले एसिम्टमेटीक हैं

राज्य के विभिन्न अस्पतालों में नौ सौ छियानबे कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि दो हजार एक सौ पच्चीस रोगी स्वस्थ हो च्के है

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय दवारा कल कोविड प्रबंधन पर एक बैठक की गई इस बैठक में सी बी ओ एन जी ओ और छात्र समूहों के साथ होम आईसोलेशन विषय पर चर्चा की गई

उन्होंने उपभोक्ताओं से अन्रोध किया कि किसी उत्पाद के पैकेज पर यह विवरण न हो तो वे शिकायत दर्ज करें श्री पासवान ने बताया कि इससे मैन्फक्चरर अन्चित मूल्य वसूलने और घटिया किस्म का सामान बेचने पर डरेंगे कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री पासवान ने बताया कि आंध्र प्रदेश में ग्रंटूर के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने दवा वितरक सेडेर ओम के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसमें कहा गया है कि उत्पाद पैकेज पर मैन्फक्चरर का नाम हेल्पलाइन नंबर और इस्तेमाल की आखिरी तारीख नहीं लिखी है उन्होंने बताया कि वितरक और विक्रेता के परिसरों पर छापे मारकर दवाओं के पैकेज जब्त किये गये हैं

यह दिन ब्द्वि और ऋद्वी सिद्धि दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है लोग अपने घरों में चूनामिट्टी की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके प्जा करते हैं और दस दिन के गणेश उत्सव पूरे होने पर ये प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं महाराष्ट्र के लोग गणेश चत्र्थी विशेष उत्साह से मनाते हैं

श्री कोविंद ने कहा कि भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला यह त्यौहार लोगों के उत्साह ख्शी और आपसी भाइचारे का प्रतीक है उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायड् ने कहा कि भगवान गणेश को ब्द्धि सम़द्धि और सौभाग्य का प्रतीक समझा जाता है उन्होंने कहा कि लोग अपने जीवन की बाधाएं दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के रूप में सभाओं और ज्लूसों का आयोजन किया जाता रहा है लेकिन इस वर्ष लोगों को कोरोना महामारी के फैलाव को देखते हए सीमित आयोजन करने चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गणेश चत्र्थी के पावन अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भगवान श्री गणेश की अन्कम्पा से लोगों की ख्शहाली बढेगी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के लिये इतनी बड़ी धनराशि आवंटित की है जो कि ऐतिहासिक कदम है इस योजना से साम्दायिक क़षि परिसंपत्ति और फसल कटाई के बाद क़षि ढांचे के निर्माण में क़षक उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठन को मदद मिलेगी श्री तोमर ने हाल के कृषि बाजार स्धारों पर म्ख्यमंत्रियों और राज्य कृषि मंत्रियों के साथ वच्अल बैठक को संबोधित करते हूए कल यह बात कही कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लाये गये नये अध्यादेश पूरी तरह किसान कल्याण से प्रेरित हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मूद्दे पर श्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से खरीद पहले की तरह जारी रहेगी बैठक के दैरान हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तराखंड के म्ख्यमंत्री तथा बिहार हिमाचल प्रदेश और ग्जरात के कृषि मंत्री उपस्थित थे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है